प्रदेश की महत्वकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए मंत्री परिषद में प्रस्ताव अनुमोदित

राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट रमेश मीणा और विश्वेन्द्र सिहं को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है सचिन पॉयलट को उप मुख्यमंत्री के पद से तथा विश्वेन्द्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटाया गया है

इससे पहले प्रदेश कांग्रेस इकाई में राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया

दूसरी ओर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राजस्थान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है जयपुर में भाजपा के इन नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की जिसके बाद विपक्ष के नेता में गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है

इस बीच पायलट समर्थकों की नाराजगी के चलते सवाई माधोपुर दौसा करौली धौलपुर और भरतपुर सहित राज्य के कई जिलों में पुलिस ने सुरक्षा कडी कर दी है कई जिलों में कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा पायलट के पक्ष में इस्तीफे सौंपे जाने के भी समाचार है

राज्य मंत्री परिषद की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल रात हुई बैठक में इस परियोजना को भारत सरकार को भेजे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

इसी प्रकार इमामी एग्रोटेक लिमिटेड को जयपुर जिले के चंद्रमूल गांव में सरसों की तेल मिल और रिफाइनरी स्थापित करने के लिए विशेष सुविधा पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई

पांच वर्ष पहले इसी दिन कौशल भारत मिशन का शुभारंभ हुआ था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस अवसर पर एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है कौशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल में सक्षम और सशक्कत बनाने की भारत सरकार की पहल है ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके

ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य हैं और मानक क्षेत्रों से संबंधित हैं

मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किये

मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन तीस मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है

परिणाम सीबीएसई की वेबसाई पर देखे जा सकते हैं विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिये उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे

इससे उसको खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें